ये ट्रेन काशी से कानपूर के रास्ते उज्जैन इंदौर पहंचेगी इंदौर से इस ट्रेन का संचालन इस तरह से किया जाएगा कि इससे अगले दिन वाराणसी में श्रद्वालु काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेगे

केजरीवाल शपथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली की सातवीं विधानसभा के चुनाव में नायक रहे अरविन्द केजरीवाल ने रविवार को तीसरी वार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित शपथ समारोह में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी मनीष सिसौदिया सत्येन्द्र जैन गोपाल राय कैलाश गेहलोत इमरान हुसैन और राजेन्द्र पाल गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे दिल्ली वालों की है

उन्होंने कहा कि भारत के युवा न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी लाभान्वित कर सकते हैं इसके लिए उन्हें मात्र डिग्री ही नहीं बल्कि उभरती टेक्नोलॉजी में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा श्री नायडू कल जबलपुर यात्रा के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे कैरियर मेला प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि संस्कारधानी जबलपुर के सर्वागीण विकास के लिये सरकार कृत संकल्पित है यहां विकास और रोजगार की अपार संभावनाएं है कल जबलपुर में दो दिवसीय संभागीय स्तरीय कैरियर अवसर मेला में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेला के माध्यम से संभाग के करीब दस हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगें

आज जबलपुर में प्लेसमेन्ट अभियान चलाया जा रहा है

इस दौरान भीड़ नियंत्रण और सत्कार की जिम्मेदारी एनसीसी और एनएसएस के प्रशिक्षित युवा निभायेंगे

कौमी एकता की मिसाल इन मदरसों में हिन्दू मुस्लिम बच्चे न केवल साथ पढ रहे है बल्कि परस्पर गीता और कुरान के साथ सर्वधर्म समभाव भी सीख रहे है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

उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और इस मौके पर बताया कि सरकार का हर गांव में गौशाला खोलने का लक्ष्य है